इस मौके पर आजाद हिन्द सरकार की स्मृति में एक विशेष पट्टिका का अनावरण भी किया गया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एकमात्र उददेश्य भारत की आजादी था श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास के पथ पर अग्रसर है लेकिन उसे अब नई उंचाईयों को छूना है

स्मृति दिवस आज पुलिस स्मृति दिवस है इस मौके पर देशमर में कार्यकमों का आयोजन कर शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया यह स्मारक आजादी के बाद से पुलिसकर्मियों के सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में बनाया गया है इस मौके पर श्री मोदी ने ॅकहा कि सजग पुलिस बलों ने देश को अस्थिर करने और भय तथा असुरक्षा का माहौल फैलाने की साजिश करने वालों को विफल कर दिया है वही राजधानी मोपाल के लालपरेड मैदान पर आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड के मौके पर मुख्य सचिव बीपीसिंह ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज कहा कि पुलिस प्रशासन और समाज वीरगति को प्राप्त हुए शहीदों के परिजनों के साथ है

छतरपुर में भी शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया शिवपुरी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल दूर संचार वाहिनी में शहीद जवानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किये गये निर्वाचन आयोग राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए उपयोग में लाई जाने वाली ईवीएम की सुरक्षा के लिए स्ट्रॉग रूम का निर्माण कराया जा रहा है

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी जिलों में इसके लिये जमीन आवंटन कर दिया गया है और कई जिलों में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है लोक निर्माण विभाग को सभी जिलों में नोडल ऐजेन्सी बनाया गया है

चुनाव आयोग जिले प्रदेश के साथ ही होशंगाबाद जिले में भी चुनाव प्रचार के लिये राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के मोबाइल पर ँमेजे जाने वाले एसएमएस और वायस मैसेज को भी मीडिया प्रमाणन और मीडिया निगरानी समिति से प्रमाणित करना जरूरी किया गया है आयोग के अनुसार ऐसे बल्क एसएमएस और वायस मैसेज की मानीटरिंग की जायेगी ताकि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान इस सुविधा का दुरूपयोग और निर्वाचन नियमों एवं आदर्श आचार संहिता का किसी तरह से उल्लंघन ना हो वहीं जबलपुर जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव प्रकिया की पारदर्शिता बनाये रखने के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी बैंकों से किये जा रहे संदेहास्पद नगद लेन देन पर नजर रखेंगे

इसकी स्थापना से पीड़ित व्यक्ति अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग एएआर के आदेशों के खिलाफ अपील कर सकेगें कानून के अनुसार सभी राज्यों को कम से कम एक एएआर स्थापित करना अनिवार्य है ताकि जीएसटी के बारे में अग्रिम आदेश प्राप्त कर सकें आयोडीन दिवस विश्व आयोडीन दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में भी जागरुकता कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं इस मौके पर आयोडीन की कमी दूर करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया किया जा रहा है और इसकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया जा रहा है कार्यक्रमों के दौरान लोगों को आयोडीनयुक्त नमक लेने के प्रति जागरुक किया जा रहा है